सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरापों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था आरोपो खुद भीड को शांत करने का प्रयास कर रहे थे

इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेन्द्र कुमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके इसके लिए पिछले दो सालों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले का स्वागत किया है एक टवीट में श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की सदैव जीत होती है लालकृष्ण आडवाणी ने विशेष अदालत के फैसले का हार्दिक स्वाागत किया है एक टवीट में उन्होंने कहा कि इस फैसले ने रामजन्म भूमि आंदोलन के प्रति उनके तथा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर मोहर लगाई है श्री मुरली मनोहर जोशी ने भी फैसले का स्वाागत किया है बाइट इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन हमारे कार्यक्रम किसी षडयंत्र के तहत नहीं थे वो एक सामान्य जनतांत्रिक कार्यक्रम के तौर पर थे ये बड़ी बात है इससे हम सब प्रसन्न हैं देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होने चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए विवादित ढांचा विध्वंस के मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को लेकर अयोध्या में उल्लास का वातावरण है मठ मंदिरों में संत महंत इस फैसले से काफी खूश है बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते स्वागत करते देखे गये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीडिता ने दिल्ली के अस्पताल में कल दम तोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस घटना के सभी चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई त्वरित न्यायालय में की जाएगी मुख्यमंत्री ने हाथरस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यों के विशेष जांच दल के गठन का भी निर्देश दिया है इसकी अध्यक्षता राज्य के गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे और इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक चन्द्र प्रकाश तथा पीएसी में सेनानायक अग्रा पूनम शामिल हागी ये दल सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा इस बीच राज्य पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि पीडिता का अतिम संस्कार परिजनों की सहमति के बिना किया गया

उसे पहले अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन हालत बिगड़ने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक करोड़ कोरोना जांचे पूरी होने पर प्रसन्नता जाहिर की है

रिकवरी रेट को बेहतर करके आम जनता में विश्वास पैदा किया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हेत्थ इंफ्रास्टक्वर पर गंभीरता से कार्य कर रही है कोरोना से बचाव के लिये दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अत्यन्त आवश्यक है

उत्तर प्रदेश एक करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है

सक्रिय मामले दो महीने में आधे से भी कम हो गए हैं

श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि औद्योगिक कामगारों की सुरक्षा के लिए इन दिशा निर्देशों से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति के लिए और कोविड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना महत्वपूर्ण है